बैठक में उत्तर प्रदेश बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तथा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं इस दौरान नमामि गंगे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी बैठक के बाद प्रधानमंत्री का गंगा बैराज के पास अटल घाट जाने का कार्यक्रम हैं जहां वे एक क्र्ज पर सवार होकर गंगा की सफाई के लिए किए गए कार्यों का जायजा लेंगे

राष्ट्रीय राजमार्गो पर कल से फास्टटेग अनिवार्य हो जाएगा वाहन चालकों से नगद भुगतान के लिए अब सिर्फ एक लेन होगी केन्द्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने राजमार्गों पर टोल के दौरान लगने वाले जाम से निजात के लिए देशभर में फास्टटेग को अनिवार्य किया है फास्टटेग कार्ड बनाने के लिए टोल नाकों के पास शिविर लगाए गए हैं फास्ट टेग से भूगतान करने पर वाहन चालकों को कैशबैक जैसी सुविधा भी दी गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से आज देशव्यापी भारत बचाओ रैली आयोजित की जा रही है केन्द्र सरकार की नीतियों के विरोध में नई दिल्ली में हो रही मुख्य रैली में कांग्रेस आलाकमान और वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित प्रदेश से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता भाग भाग ले रहे हैं राजसमंद में जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने अनूठी पहल करते हुए दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को जीवनदाता पुरस्कार देने की घोषणा की है घायलों को समय पर उपचार देने और आमजन को इनकी मदद को आगे लाने के लिए शुरु की जा रही इस योजना के तहत राष्ट्रीय दिवस पर प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाएगी जालौर जिले चितलवाना ब्लॉक के कई गांवों में टिड्डियों के बड़े दल देखे गए हैं हमारे संवाददाता ने कृषि विभाग के हवाले से बताया कि टिडिडयों के ये दल बाड़मेर की तरफ से आए हैं और खड़ी फसलों को नुकसान पहंचा रहे हैं कृषि विभाग के साथ जिला प्रशासन के कार्मिक भी पटाखे छोडकर और दवाइयों का छिड़काव कर टिड़ियों पर नियंत्रण का प्रयास कर रहे हैं आज राष्ट्रीय उर्जा संरक्षण दिवस है इसका उददेश्य देश में उर्जा दक्षता और संरक्षण के लिए जागरुकता बढ़ाना है इस अवसर पर उर्जा संरक्षण से जुड़े विमिन्न कार्यक्रम कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं नई दिल्ली में होने वाले मुख्य समारोह में नवीन और नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री आर के सिंह विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को उर्जा संरक्षण के लिए पुरस्कृत करेंगे प्रदेश में बीती रात भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के समाचार हैं जिससे ठंड का असर और बढ गया है भरतपुर में बारिश का दौर कल भी जारी रहा वहीं नागौर और शेखावाटी क्षेत्र के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि के समाचार हैं ओले गिरने से रबी की खडी फसल को नुकसान पहुंचा है इधर कई स्थानों पर सुबह के समय कोहरा छाए रहने से यातायात पर असर देखा गया कई रेलगाड़ियां निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलावृष्टि से फसल खराबे पर चिंता जताते हुए कहा है कि फसलों के खराबे की जांच कराकर किसानों को राहत पहुंचाई जायेगी दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों को तुरंत राहत देने की मांग की है